उन्होंने राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की अध्यक्षता की श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और सुभाष चन्द्र बोस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री का स्वागत किया श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल के संग्रहालय को भी देखा प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोलकाता स्थित सेनानी सुभाष चन्द्र बोस के पैतुक निवास स्थान नेताजी भवन का दौरा किया और महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर का अवलोकन किया उन्होंने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया और कलाकार शिविर का दौरा भी किया

नेताजी ने ही लोगों को मातुभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था

इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची महानगर कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष संजय पांडे सहित अन्य कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जमशेदपुर महिला महाविद्यालय की छात्राओं और एनसीसी के कैडेटों ने आज प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली छात्रों ने तख्ती लेकर नगर भ्रमण करते हुए नेताजी के नारे लगाए

इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जामताड़ा जिला इकाई के सदस्यों ने रक्तदान किया

जिला मुख्यालय स्थित नेताजी चौक पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल के अलावा राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया इस अवसर पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस समिति द्वारा कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया इसके अलावा खूंटी पलामू लोहरदगा कोडरमा ग्रमला सहित अन्य जिलों में भी नेताजी की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेताजी की जयंती पर उन्हें जमशेदपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में श्रद्धांजलि दी और कहा कि नेताजी ने हमें आजादी दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया

उस वक्त कांग्रेस र्क दिग्गज नेताओं में आचार्य राम कृपलानी के साथ महात्मा गांधी भी यहां उपस्थित हुए थे उन्होंने कहा कि रामगढ़ की धरती ऐतिहासिक है जहां नेताजी का पदार्पण हुआ था मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया पत्र सूचना कार्यालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो डाल्टनगंज की ओर से राष्ट्रीय पराक्रम दिवस पर आज वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नेताजी का व्यक्तित्व हमें साहस और बलिदान की शिक्षा देता है वहीं उनके द्वारा दिये गए आजादी के नारे हमें ऊर्जावान बनाते हैं

उन्होंने कहा कि नेताजी का व्यक्तित्व हमें साहस और बलिदान की शिक्षा देता है नेताजी आज भी युवाओं के प्रेरणा सोत्र हैं

चिकित्सकों के अनुसार फेफडे में संक्रमण हो जाने के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है श्री यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और प्रत्र तेजस्वी यादव भी थे श्री यादव पिछले कई दिनों से बीमार थे और रिम्स के आठ सदस्यीय चिकित्सीय टीम उनका इलाज कर रहा था झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले घटने लगे हैं

मृतकों में रांची और पलामू जिले से एक एक मरीज शामिल है

गोड्डा निवासी प्रजा भारती का पतरात् डैम से शव बरामदगी मामले में हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी एवी होमकर ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार छात्रा द्वारा आत्महत्या की ओर संकेत होता है

सूचना भवन सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी श्री होमकर ने इस घटनाक्रम के एक एक पहलुओं को पत्रकारों के समक्ष रखा उन्होंने बताया कि घटनास्थल पतरातू डैम गोड्डा हजारीबांग और रांची से जो कुछ साक्ष्य पुलिस ने संग्रह किया है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि छात्रा की मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी डीआईजी श्री होमकर ने यह भी कहा कि शव का अंत्यपरीक्षण रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर उपायुक्त के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड गठित कर करवाया गया साहेबगंज में कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कारगर साबित हो रही है

संतोष रजक का तबादला गढ़वा जिले में हो गया था बर्खास्तगी का पत्र अनुमोदन के लिए गढ़वा जिला भेज दिया गया है दारोगा संतोष रजक के खिलाफ धनबाद जिले में विभागीय कार्रवाई चल रही थी इसमें संतोष रजक दोषी पाए गए जिसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने गोड्डा जिले में संचालित सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की

पुलिस ने पूछताछ के बाद आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया